हरियाणा के पंचकूलाप में यह पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ

बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की दूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज स्टार्ट अप भविष्य की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उड़ीसा में भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम संबलपुर के स्थाई परिसर की आधारशिला रखने के बाद संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रबंधकों का वास्तविक कार्य केवल संस्थानों का प्रबंधन करना नहीं बल्कि लोगों के जीवन में सुधार लाना भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रबंधन नवाचार ईमानदारी और समावेश की व्यापक धारण पर आधारित है उन्होंने कहा कि जो लोग विकास की गति में पीछे रह गए हैं उन्हें भी विकास की यात्रा में आगे ले जाना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र से लेकर अंतरिक्ष तक स्टार्ट अप्स की संभावनाएं बढ रही हैं औश्र देश की दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में उभर रहे हैं उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप्स को प्रभावशाली प्रबंधकों की जरूरत है

उन्होंने कहा कि ब्रैंड इंडिया के लिए युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी है

उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिभाशाली युवाओं की बड़ी संख्या आत्म निर्भर भारत अभियान को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकती है

इसका उददेश्य टीकाकरण शुरू करने की तैयारियों की जांच करना और योजनाबंदी और कार्यान्वयन के बीच तालमेल का पता लगाना था

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि आज पंचकूला जिले में यह पूर्वाभ्यास हुआ

कड़ी जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में जाने दिया गया हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं की गई उन्होंने बताया कि यह परीक्षा शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई

आज हरियाणा में पंचकूला भिवानी फरीदाबाद पानीपत और यमुनाननगर में एक एक कोविड मरीज की मृत्यु भी हुई है

उन्होंने लोगों से अपील की कि ये वैक्सीन के स्रक्षित होने और उसके प्रभाव को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह न हों उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों से कोई समझौता नहीं करेगी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन को लेकर आम लोगों में हिचकिचाहट पोलियो टीकाकरण के दौरान भी देखी गई थी लेकिन बाद में यह टीकाकरण अभियान सफल रहा

आज हरियाणा और चण्डीगढ में बहत से स्थानों पर हलकी वर्षा हई बारिश के बावजूद धृंध और कोहरा छाया रहा राज्य में दिन के तापमान में और कमी आने के कारण सर्दी का प्रकोप बढ गया है

मौसम विभाग ने कल और परसो हलकी से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है आज सुबह यमुनानगर छछरौली प्रतापनगर ब्रडिया दादूपुर और बिलासपुर में भी बरसात हुई कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ये वर्षा गन्ने और गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है क्षेत्रीय परिवहन प्रधिकरण फरीदाबाद ने कोहरे के बचाव के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का अभियान आज से शुरू कर दिया है नेहरू ग्राउंड स्थित लोहामंडी वाहनों पर टेप लगाई गई और वाहन चालकों व आमजन को मास्क भी बाटे गए क्षेत्रीय परिवहन प्रधिकरण के सचिव जितन्द्र कुमार अहलावत ने बताया कि कोहरे के समय सबसे अधिक खतरा माल ढोने वाले वाहनों से होता है इसलिए रिफ्लेक्टर टेप लगाने की शुरुआत की गई है इस कार्य मे निजी संस्थाए भी मदद कर रही है

इस मामले को लेकर फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग चौकस हो गया है कोरोना के नये रूप के मद्देदनजर केन्द्र सरकार ने इंग्लेंड से आने वाले यात्रियों के नमूने लेने के आदेश जारी किए थे

इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने फतेहाबाद के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मदद मांगी है केन्द्र सरकार की उज्जवला योजना गरीब महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है इस योजना से न केवल महिलाओं को इंधन से होने वाले प्रदूषण से छुटकारा मिला है अपितु उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है करनाल की ऐसी कुछ महिलाओं ने केन्द्र सरकार की इस योजना की तारीफकी है और इसके लिए केन्द्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है महिलाओं ने कहा कि गैस सिलंडर मिलने से पहले उन्हें लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था जिससे उन्हें बीमारी का खतरा था यही नहीं इससे समय की बर्बादी भी रूकी है अब वो आसानी से खाना बना सकती हैं